मेक इन इंडिया के तहत बीना में रखी गई भारतीय रेल के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला चकवात महा के असर से झाबुआ आलीराजपुर सहित कई जिलों में हो सकती है बारिश बैनर पोस्टर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य में बगैर अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर लगे बैनर पोस्टर तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा है कि कहीं अगर उनकी फोटों भी लगी हो तो उसे भी हटाने में संकोच नहीं किया जाए श्री नाथ ने अपने टवीट में इन अवैध होर्डिंग पोस्टर बैनर को प्रदेश की सुंदरता के लिये दाग की तरह बताया उन्होंने कहा कि इनसे आये दिन हादसे व दुर्घटनाएँ भी घटित हो रही थी इन सब को देखते हए यह सख्त कदम उठाया गया है श्री नाथ ने अपनी पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं से और अन्य राजनीतिक दलो के प्रमुख जनो से जनप्रतिनिधियो से सामाजिक संस्थाओ सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया से भी अपील करते हैं कि इस निर्णय के पालन में अपनी तरफ से सहयोग दें सीएम दबई मुख्यमंत्री कमल नाथ ने आज दुबई में एमीरेट्स एयरलाइन समूह के चेयरमेन और सीईओ एचएच शेख अहमद बिन सईद अल मखदूम से भेंट की इस दौरान इन्दौर दबई के लिये एमीरेट्स प्लाइट चाल करने पर चर्चा की एचएच शेख मखद्म द्वारा इस संबंध में शीघ्र निर्णय करने का आश्वासन दिया गया एयरलाइन मुख्यालय में हुई भेंट के दौरान मुख्य सचिव एसआर मोहन्ती और प्रदेश के अन्य अधिकारी मौजूद थे श्री कमल नाथ और एचएच शेख मखदूम के बीच एमीरेट्स समूह द्वारा मध्यप्रदेश में लाजिस्टिक हब के निर्माण पर भी विस्तार से बात हुई बर्खास्त विधायक पवई विधान सभा सीट से बर्खास्त बीजेपी विधायक प्रह्लाद लोधी की याचिका पर आज जबलपुर उच्च न्यायलय ने फैसला सुरक्षित रखा है

भोपाल स्थित सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोल्जर सामान्य टेक्निकल नर्सिंग सोल्जर क्लर्क सोल्जर ट्रेडमेन सोल्जर फार्मा आदि पदों के लिए यह भर्ती होगी ऑनलाइन आवेदन करने वाले आवेदक ही इस भर्ती में शामिल हो सकते हैं

आज इसका शिलान्यास सांसद राजबहादुर सिंह और भोपाल रेलमंडल के डीआरएम उदय बोरवणकर ने किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि मेक इन इंडिया के तहत यह पहला सोलर प्लांट है जिसे आधुनिक तकनीक के साथ बनाया है इसकी बिजली से सीधे रेलवे इंजन चलेंगे

नगर परिषद के एक पार्षद ने नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास योजना में गलत तरीके से आवास आवंटन की शिकायत की थी शिकायत के बाद क्लेक्टर रुचिका चौहान ने जांच दल गठित कर पूरे मामले की जांच करवाई थी

मौसम मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम सामान्य और शृष्क बना हुआ है दिन में चमकदार ध्रप खिल रही है लेकिन रात के तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ रहा है ऊधर मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अरब सागर से उठा चकवात महा अपना रास्ता बदल चुका है अब यह गुजरात के दक्षिण तटीय भागों की ओर बढ रहा है कल सुबह तक यह पोरबन्दर के आस पास पहच जायेगा

खासतौर पर गुजरात से सटे प्रदेश के झाबुआ आलीराजपुर सहित कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है प्रदेश के शेष जिलों में मौसम सामान्य रहने का अनुमान है

वहीं पांच लोग घायल हो गये

सभी मांगे पूरी होने के बाद कल इनका आंदोलन समाप्त हुआ था